केन्द्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री रतन लाल कटारिया ने कहा कि स्वच्छ पेयजल की कमी के समाधान में ब्रिक्स देषों की भूमिका उल्लेखनीय है हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज फरीदाबाद में कई परियोजनाओं का उदघाटन किया हरियाणा में आढतियों की दो दिन से चली आ रही हड़ताल समाप्त होने के बाद गेहूं की खरीद सुचारू रूप से शुरू हो गई है आओ कोरोना को हराए कोविड उचित व्यवहार के पालन को जन आंदोलन बनायें कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है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

सुरक्षित रहें और इन आसान उपायों का पालन करें

केन्द्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री रतन लाल कटारिया ने स्वच्छ पेयजल की कमी जैसी सामान्य परिस्थितियों के समाधान में ब्रिकस देषों की भूमिका का उल्लेख किया

इस गति से समय सीमा के भीतर सभी ग्रामीण परिवारों को पानी के कनैक्षन उपलब्ध कराने का लक्ष्य पूरा करने की उम्मीद है

आज नई दिल्ली में होम्योपैथी पर एक कॉफेंस को संबोधित करते हए मंत्री ने होम्योपैथी की लोकप्रियता पर संतोष व्यक्त किया उन्होंने कहा कि कोविड उपचार केन्द्रों में महामारी से निपटने के लिए आयुष चिकित्सा प्रणाली की औषधियों का भी उपयोग किया गया और इसके अच्छे परिणाम सामने आये उन्होंने कहा कि भारत की राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति में आयुष प्रणाली को लोकप्रिय बनाने के महत्व को स्वीकार किया गया है हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज फरीदाबाद में कई परियोजनाओं का उदघाटन किया इस अवसर पर केन्द्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर व हरियाणा के कैबिनेट मंत्री मूचचंद शर्मा तथा विधायक गण भी मौजूद रहे इस दौरान उन्होंने शहर की प्रमुख सड़कों का निरीक्षण भी किया और जर्जर रास्तों को तुरंत ठीक करने के निर्देष दिये पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने घोषणा की कि आज से फरीदाबाद शहर के विकास का जिम्मा फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण को सौंपने की तैयारी कर ली है जिसकी जिम्मेदारी वरिष्ठ अधिकारी सुधीर राजपाल को दी गई है हरियाणा सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष कृष्ण क्मार ने आज पलवल में सफाई कर्मचारियों की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि कर्मचारियों के उत्थान के लिए हरियाणा सफाई कर्मचारी आयोग का गठन किया है

यह परियोजना रेवाड़ी और ग्रूग्राम में स्थापित की गई है इन दोनो परियोजनाओं की सफलता को देखते हुए अब प्रदेष के दूसरे जिलों में भी चरणबद्ध तरीके से यह परियोजना शुरू की जायेगी

देश में इस बार लक्ष्य से अधिक गेहूं उत्पादन होने की उम्मीद है

करनाल स्थित गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉ ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह ने कहा की इस बार देश में रिकॉर्ड गेहूं उत्पादन होने की उम्मीद है यह सब हमारे किसानों की मेहनत और संस्थान द्वारा विकसित उन्नत बीजों को इस्तेमाल करने की वजह से सम्भव हो पाया है

प्रूषों के इंटरनेषनल हॉकी फेडरेषन हॉकी प्रो लीग मैच में कल भारत का मुकाबला ओलंपिक विजेता अर्जेंटीना से होगा पिछले वर्ष फरवरी में भूवनेष्वर में हॉकी प्रो लीग मैच में ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले के बाद भारत का यह पहला मैच होगा

इसमें से भारत ने दो मैच जीते हैं जबकि कुछ हारे और कुछ ड्रा रहे विष्व विजेता बेल्जियम प्रथम जर्मनी दूसरे और नीदरलैंड तीसरे स्थान पर बना हुआ है हरियाणा मे आढतियों की दो दिन से चल रही हड़ताल समाप्त होने के बाद आज गेहूं की सरकारी खरीद सुचारू रूप से शुरू हो गई है

उपायुक्त ने किसानों से कहा कि विभाग द्वारा जिन किसानों को उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर खरीद संबंधी संदेष आये हैं वहीं किसान अपनी फसल लेकर मण्डी में पहुंचे उधर सिरसा आढती ऐसोसिएषन के प्रधान हरदीप सरकारिया ने बताया कि सरकार ने उनकी अधिकांष मांगें मान ली हैं और अब आढतियों ने बैठक कर किसान की गेहूं की तुलाई शुरू कर दी है

अपने आदेशों में जिलाधीश ने कहा कि फसल कटाई के दौरान अक्सर फसल अवशेष को जला दिया जाता है जिससे न केवल जमीन की उर्वरा शक्ति कम होती है बल्कि पर्यावरण भी प्रदुषित होता है

होडल अपराध जांच शाखा के प्रभारी हरदीप सिंह ने बताया कि पुलिस को सूचनाप मिली थी कि मोटर साइकल सवार दो युवक होडल से पलवल की तरफ मादक पदार्थ लेकर आ रहे हैं पुलिस ने बावड़ी मार्ग पर नाकाबंदी कर दोनो युवकों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से गांजा पत्ती बरामद की है यवकों की पहचान उत्तर प्रदेष के गांव हताना निवासी चरण सिंह और होडल निवासी संजय के रूप में हुई है